कांगड़ा के कोटला बेहड़ और इंदौरा में खुलेंगे लोक निर्माण विभाग के मंडल मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई द दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश को किया समर्पित कहा भारतीय सेना ने हमेशा स्वीकार की चुनौतियां एमओयू प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर मीट के तहत आज शिमला में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को और आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतियां तैयार कर रही हैं

उन्होंने कहा कि राज्य में सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्गो का बेहतर नैटवर्क भी उपलब्ध है समारोह में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकर ने कहा कि राज्य में अनुकूल वातावरण उतरदायी प्रशासन और निवेशक मित्र औद्योगिक नीति होना गर्व की बात है मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में जसवां परागप्र के कोटला बेहड और इंदौरा में लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में हई बैठक में बिलासपुर के झंडुता मंडी जिले के पांगणा और सिरमौर जिले के बोगधार में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल सुजित करने को भी मंजूरी दी गई

मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर अटल आदर्श विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी है बैठक में अनेक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए

उन्होंने कहा कि जीएसटी दर घटने से निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा नई दरें इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होंगी बिंदल नाहन क्षेत्र की सैनवाला मुबारकपुर पंचायत में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज तीन सड़कों के लोकार्पण व शिलान्यास किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायत के हर खेत को पानी पहंचाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी

रावत प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं से जीत का मार्जन और अधिक बढ़ाने की तरफ ध्यान केंद्रित करने को कहा है हमीरपुर में आज पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा बेहतर काम कर रही है और पन्ना प्रमुख सम्मेलन सफल रहे हैं

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कार्यकर्ताओं को डोर ट्र डोर अभियान के तहत जन जन तक पहुंच बनाने के लिए प्रेरित किया पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया चुनाव बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शिमला में जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कश्यप ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने अधिकारियों से चुनाव संबंधी कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा और उचित दिशा निर्देश भी दिए

बरागटा प्रदेश जनमंच संयोजक व मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने शिमला जिले के कोटखाई में आज गृहिणी सुविधा योजना के तहत मुफ़त गैस कनेक्शन वितरित किए

कल्लू से हमारे प्रतिनिधि आशीष शर्मा के अनुसार दर्गम और सड़क सुविधा से वंचित होने के कारण आग बुझाने के कार्य में काफी परेशानी हुई अधिकांश मकानों में घास और चारा रखा गया था जिसके कारण आग तेजी से फैल गई

उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को फौरी राहत सहित कंबल और राशन उपलब्ध करवाया गया है आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है युद्ध संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट के समीप राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश को समर्पित किया ये स्मारक उन वीर सैनिकों के सम्मान में समर्पित है जिन्होंने आजादी के बाद से देश सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है

इससे पहले पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना विश्व में सबसे वीर सेनाओं में से एक है उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हमेशा चुनौतियां स्वीकार की हैं और कारगर ढंग से जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भारतीय सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये स्मारक लोगों को देश के सैनिकों की वीरता के बारे में हमेशा याद दिलाता रहेगा मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा बीते दिनों हई बर्फवारी से जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर में विद्यत सड़क व संचार व्यवस्था बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लाहौल स्पीति की पिन वैली की कुंगरी व सगनम पंचायतों का संपर्क भारी बर्फबारी के कारण काजा से कटा हुआ है स्थानीय लोगों ने सरकार से सगनम और लोसर हैलीपैड के लिए हैलीकॉपटर उड़ान करवाने की मांग की है

उधर चंबा जिले में भारी वर्षा से अनेक संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरूद्व है

लाहौल स्पिति ज़िले के अत्यधिक ढलान वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को संजोए रखने की जरूरत पर बल दिया है मंडी सदर के धन्यारा में आज एक स्कूल के समारोह में उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की दुनियाभर में पहचान है और इसे कायम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हिमऊर्जा ने आज सोलन में सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया उपायुक्त विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के लाभ के संबंध में जानकारी दी गई इस दौरान लोगों ने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पंजीकरण भी करवाया

इसमें मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा राज मौजूद रहेंगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इस संबंध में भाजपा की एक बैठक आज शिमला में हुई जिसमें पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई बैठक में प्रदेश भाजपा महासचिव चंद्रमोहन ठाकुर और उपाध्यक्ष गणेश दत्त भी मौजूद रहे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने को कहा है शिमला में आज पार्टी की आम सभा में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहप्रभारी गुरकीरत सिंह पूर्व अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया